प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज गंगा की सफाई के उद्देश्य से राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की और नमामि गंगे परियोजना की समीक्षा की कानप्र में हुई इस बैठक में बिहार का प्रतिनिधित्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने किया प्रधानमंत्री ने अब तक हुए कार्यों की प्रगति की समीक्षा की और गंगा की सफाई के लिए सुझाव दिये बैठक से पहले प्रधानमंत्री ने नमामि गंगे मिशन से ज़ुड़ी एक प्रदर्शनी को देखा जिसमें गंगा की सफाई के लिए किये गये कार्यों को प्रदर्शित किया गया था ब्यौरा हमारे संवाददाता से बाईट राष्ट्रीय गंगा परिषद की पहली बैठक का समय पौने दो घंटे के लिए निर्धारित था

गौमुख से गंगासागर के पूरे सफर के दौरान गंगा में सबसे ज्यादा प्रदूषित जल कानपुर में प्रवाहित होता है

कानपुर में राष्ट्रीय गंगा परिषद की बैठक का आयोजन और यहां किये गए कार्यो की प्रधानमंत्री द्वारा समीक्षा किया जाना यह साबित करता है कि गंगा की सफाई सरकार की प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है सुशील चंद्र तिवारी आकाशवाणी समाचार कानपुर भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि विपक्षी दल नागरिकता संशोधन अधिनियम को लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं गिरिडीह में चुनाव रैली में कांग्रेस की आलोचना करते हुए श्री शाह ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी के नेता नागरिकता कानून के प्रावधानों को लेकर पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को हिंसा के लिए उकसा रहे हैं श्री शाह ने कहा कि इस कानून को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों को कोई चिंता नहीं करनी चाहिए

भारतीय मुसलमान भारत के नागरिक हैं और रहेंगे सभी वाहनों के लिए स्वतः भूगतान प्रणाली के अन्तर्गत प्रीपेड रिचार्जेबल फास्टैग कल सुबह आठ बजे से अनिवार्य हो जाएगा फास्टैग से वाहन चालकों को टोल प्लाजा पर शुल्क देने के लिए नहीं रूकना पड़ेगा इससे समय और ईंधन की बचत होगी प्रद्षण रोकने में मदद मिलेगी और निर्बाध यातायात सुनिश्चित होगा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने सभी टोल प्लाजा पर इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन सिस्टम की व्यवस्था कर दी है टोल प्लाजा में दोनों तरफ एक एक लेन को छोड़कर सभी लेन को फास्टैग लेन बनाया गया है इलैक्ट्रॉनिक टोल कलैक्शन लेन में बगैर फास्टैग के चलने वाले वाहनों को दोगुना शुल्क देना पड़ेगा पटना उच्च न्यायालय समेत प्रदेश की सभी अदालतों में आज आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति के आधार पर विभिन्न मामलों का निपटारा किया गया हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि लोक अदालत में बैंक बिजली विभाग और बीमा कम्पनियों से संबंधित मामलों का निष्पादन हुआ साथ ही दीवानी और कुछ प्रकार के फौजदारी मामलों का भी आपसी सहमति के आधार पर निपटारा किया गया रोहतास में दो हजार तीन सौ बासठ मामले निपटाये गये साथ ही बाईस करोड़ इकतालीस लाख रूपये की समझौता राशि की वसूली की गयी बेग्सराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि लोक अदालत में एक हजार आठ सौ उनहत्तर मामले आपसी सहमति के आधार पर सुलझाये गये और सात करोड़ अड़तालीस लाख रूपये के दावों का समझौता हुआ अरवल में पांच सौ चौबीस मामले निष्पादित हुये जबकि एक करोड़ छियासी लाख रूपये से अधिक की राशि का समझौता हुआ कटिहार में आठ सौ दस जमुई में एक हजार दो सौ पचास और शेखपुरा में तीन सौ मामलों का निष्पादन किया गया केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने पिछले रविवार को हुई केन्द्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटीईटी के प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों का खंडन किया है अखबार की खबरों में बताया गया था कि ये प्रश्नपत्र कानपुर से लीक किए गए थे सीबीएसई ने एक बयान में कहा कि परीक्षा शुरू होने से डेढ़ घंटे पहले पर्चे लीक होने की खबर भ्रामक और आधारहीन है मुजफ्फरपूर स्टेशन के पास मद्य निषेध विभाग की टीम ने एक होटल में छापेमारी कर पश्चिम बंगाल और हरियाणा के पांच शराब कारोबारियों को गिरफ्तार किया है मौके से पांच लाख रूपये नकद और कई महंगी गाड़ियां भी जब्त की गयी हैं यह होटल जदयू के विधान पार्षद दिनेश सिंह का बताया जाता है इधर दिनेश सिंह ने कहा है कि यह होटल उनका है लेकिन उन्होंने इसे किराये पर दे रखा है और इसका संचालन वे नहीं करते हैं बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती दबाव के कारण प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में कल से रूक रूक कर बारिश का सिलसिला जारी है बारिश के साथ साथ दक्षिणी पूर्वी हवा चलने के कारण अधिकतम तापमान में पांच डिग्री सेल्सियस तक की कमी दर्ज की गयी है हालांकि न्यूनतम तापमान अभी भी सामान्य से ऊपर बना हुआ है मौसम विभाग ने कल भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की सम्भावना जतायी है आज सबसे अधिक रफीगंज में नौ सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गयी इधर बारिश के दौरान बिजली गिरने की घटना में पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा प्रखण्ड के सिंहासिनी गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गयी पटना विश्वविद्यालय की एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म से आक्रोशित छात्र छात्राओं ने आज भी पटना में अलग अलग स्थानों पर प्रदर्शन किया करगिल चौक पर प्रदर्शनकारी छात्र छात्राओं को काबू करने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग भी करना पड़ा इधर इस मामले के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जबकि एक अन्य अभी भी फरार है कल दो आरोपियों ने स्थानीय अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था मुजफ्फरपुर में पिछले दिनों एक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसे जिंदा जला देने के प्रयास के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने बताया कि बैरिया से यह गिरफ्तारी हुई है इस कांड में शामिल दो अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के नवनिर्वाचित सदस्यों ने आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित छात्र नेताओं को बधाई और शुभकामनाएं दीं अररिया जिले के नरपतगंज से कस्टम विभाग की टीम ने चालीस लाख रूपये मूल्य का गोलमिर्च बरामद किया है बरामद गोलमिर्च नेपाल से तस्करी कर पटना भेजा जा रहा था मौके से दो लोगों की गिरफ्तारी हुई है साथ ही दो पिकअप वैन भी जब्त किये गये हैं समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में एक महिला की हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या अठाईस को जाम कर प्रदर्शन किया शेखपुरा जिले के मेहुस गांव स्थित एक राईस मिल में अज्ञात अपराधियों ने आग लगा दी अगलगी की इस घटना में लाखों रूपये मूल्य की सम्पत्ति का नुकासान हुआ है कैमूर जिले के द्रर्गावती थाना क्षेत्र के बेरिया मोड़ के पास से पूलिस ने एक वाहन से सत्तावन कार्टन विदेशी शराब के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है सारण जिले के रिविलगंज थाना क्षेत्र के पहिया रेलवे क्रासिंग के पास एक ट्रक में आग लग जाने से चालक की झुलसकर मौत हो गयी वैशाली जिले के जंदाहा थाना क्षेत्र अन्तर्गत रोहुआ गांव से पुलिस और एसटीएफ ने कुख्यात नक्सली वीर बहादुर शास्त्री को गिरफ्तार किया है वहीं लखीसराय जिले के पीरी बाजार से पुलिस ने दो नक्सलियों को गिरफ्तार किया है गोपालगंज जिले के नगर थाना क्षेत्र के जादोपुर चौक से पुलिस ने रंगदारी मांगने के आरोपी तीन युवकों को गिरफ्तार किया है गोपालगंज शहर के नगर थाना क्षेत्र में यादवपुर चौक के पास से पुलिस ने नौकरी का झांसा देकर युवाओं से लाखों रुपये की ठगी करने वाले चार ठगों को गिरफ्तार किया है पश्चिम चम्पारण जिले के सिसवा से एसएसबी के जवानों ने पचास हजार रूपये मूल्य के जाली नोट के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है वैशाली जिले के हाजीपुर में पिछले दिनों एक एटीएम से साढ़े सोलह लाख रूपये से अधिक लूट के मामले में पुलिस ने चार अपराधियों को गिरफ्तार किया है गिरफ्तार अपराधियों के पास से तीन लाख रूपये भी बरामद किये गये हैं सुपौल जिले के निर्मली थाना क्षेत्र अन्तर्गत मंझारी गांव के पास सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गयी बक्सर केन्द्रीय कारागार में एक प्रुलिस जवान को पिछले दिनों गोली मारने के आरोपी को पुलिस ने हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है